केंद्र सरकार की घर घर एलईडी बल्ब पहंचाने की कोशिश से टिहरी जिले के लोगों को फायदा हो रहा हैबिजली की भी हो रही बचत स्लग पीएम मोदी जोधपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जोधपुर में देश के सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को दर्शाने वाली पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया प्रदर्शनी में सेना के पराक्रम और राष्ट्र निर्माण में सेना के योगदान को प्रदर्शित किया गया है प्रधानमंत्री ने यहां सेना के हथियारों और अत्याध्रनिक उपकरणों का अवलोकन किया रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस मौके पर उपस्थित थीं गौरतलब है कि भारतीय सशस्त्र बलों के साहस शौर्य और बलिदान को दर्शाने के लिए आज से रविवार तक देश भर में पराक्रम पर्व मनाया जा रहा है मुख्य समारोह नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आयोजित किया जा रहा है

इसी कड़ी में देश की सैन्य शक्ति में अहम योगदान देने वाले देहरादून में कल भारतीय सेना एक समारोह का आयोजन कर रही है इस कार्यक्रम में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर मूवी क्लिप दिखाई जाएगी और कैनवास के माध्यम से जनता के संदेशों का संग्रह किया जायेगा जिसे सीमा पर तैनात जवानों को भेजा जायेगा

अभी तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में केवल चीन का ही कब्जा था ऐसे में बीएचईएल का यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है

सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब हमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देना होगा जो पर्यावरण के लिए पूरी तरह से स्रक्षित हों केंद्र सरकार देश के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर जोर देगी

टीम ने हवाई पट्टी रनवे ए टी सी टावर टर्मिनल भवन आदि का स्थलीय निरीक्षण किया

प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग के अपर सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सात अक्टूबर से देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई यात्रा सेवा शुरू किये जाने के लिए नैनीसैनी हवाई पट्टी में तैयारियां युद्वस्तर पर की जा रही है उन्होंने बताया कि पहले चरण मे पिथौरागढ़ से देहरादून और फिर पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिये हवाई सेवा शुरु होगी हवाई सेवा के लिये आम आदमी किस प्रकार से बुकिंग करेंगे इसका फैसला तीन दिन के भीतर होगा

निवेश को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं

उन्होंने बताया कि उद्यमियों को प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किये गए हैं

श्री रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है सौर ऊर्जा फूड प्रोसेसिंग हर्बल ऑरगेनिक आयुष और पर्यटन में होने वाले निवेश से खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलेगा

पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद नई पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्येटन क्षेत्र के निवेशकों और परियोजना इकाईयों को वो सभी लाभ और प्रोत्साहन मिल सकेंगे जो राज्य में अन्य उद्योगों को प्राप्त हैं

राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि ये कदम राज्य की जनता के लिए सरकार का एक तोहफा है इस नीति का उद्देश्य राज्य को सुरक्षित और पर्यटक मित्र गंतव्य के रूप में विकसित और मजबूत करना है वहीं पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि प्रस्तावित नीति के अनुसार उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद प्रत्येक जनपद में पर्यटन के उद्देश्य के लिए भूमि बैंक तैयार करेगा साथ ही निवेशकों की सुगमता के लिए विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेगा स्लग एलईडी बल्ब बिजली की बचत करने और लोगों पर से भारी भरकम बिजली के बिलों का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार की कोशिश है घर घर एलईडी बल्ब पहुंचाने की उजाला योजना के तहत शुरू गई इस पहल से लोगों को फायदा हो रहा है टिहरी जिले में भी कई लोगों ने पुराने बल्ब की जगह एलईडी बल्ब लगा लिये हैं चंबा विकासखण्ड की रहने वाली महेश्वरी और मंजू बिष्ट का कहना है कि एलईडी बल्ब लगाने के बाद से बिजली और ऊर्जा की बचत हो रही है

एलईडी बल्ब डाकघरों में सस्ते दरों पर उपलब्ध है

इस योजना से बिजली की बचत होने के साथ साथ आमजन को आर्थिक रूप से फायदा हो रहा है

चमोली में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला अस्पताल में बच्चों को ओआरएस पैकेट और जिंक की गोली देकर पखवाड़े की शुरुआत की उन्होंने डायरिया नियन्त्रण पखवाड़े को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देशित किया

उत्तरकाशी में जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने पखवाड़े की शुरुआत करते हुए कहा कि जागरूक माता पिता के बच्चे कम बीमार पड़ते हैं उन्होंने कहा कि जागरूकता ही बीमारी का पहला इलाज है उन्होंने डायरिया से बचने के लिए साफ सफाई पर जोर दिया

आज चौबटिया के दूर्गम पर्वतीय जंगलों में काउंटर इंसरजेंसी और काउंटर टेरिरिज्म के तहत आपरेशन चलाया गया अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टरों द्वारा सभी ड्रिल का पालन संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अनुसार किया गया आतंकवादियों की निगरानी ट्रेकिंग और पहचान लड़ाई के लिए विशेष हथियार का उपयोग और प्रभावी संचार स्थापित करने के लिए कला उपकरणों के उपयोग पर भी जोर दिया गया